राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का किया आहवान

और प्रदेश भर में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल के चलते परिवहन सेवाएं रही प्रभावित कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलेंडरों के परिवहन के लिए ऑक्सीजन उत्पादन इकाईयों की ज़िलावार मैपिंग की जाएगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर निकटतम इकाई से ऑक्सीजन मिल सकें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चंबा की आवश्यकता और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ज़िले के कोविड रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा मुहैया करवाने के लिए प्रयासरत है

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने भी शिमला से वचुअंल माध्यम से बैठक को संबोधित किया बाद में मुख्यमंत्री ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा के निर्माण स्थल का दौरा भी किया और निष्पादन एजेंसी को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

उन्होंने प्रदेशवासियों से राज्य सरकार द्वारा कोविड संकमण को फैलने से रोकने के दृष्टिगत जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विकास कार्यो को रूकने नहीं दिया जाएगा और जिन परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी गई हैं उन्हें तय समय में पूरा किया जाएगा

उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर की गई तैयारियों की जानकारी भी ली राज्यपाल ने उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को जिला प्रशासन को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि टीकाकरण और मास्क के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने और कोविड बचाओ से संबंधित अन्य जानकारी साझा करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं राज्यपाल ने ऑनलाईन शिक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने की भी बात कही उन्होंने कोविड के कारण बढ़ रहे तनाव के मामलों से निपटने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर परामर्श सुविधा बढ़ाने का भी सुझाव दिया इस अवसर पर कुलपतियों ने मौजूदा परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने बहमूल्य सुझाव दिए अनुराग ठाकुर कोरोना आपदा की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आयुर्वेदिक कॉलेज हमीरपुर कोविड केयर सेंटर और सरकारी अस्पताल घुमारवीं में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कराने का निर्णय लिया है

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं राजेंद्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं के समीप पट्टा में गेंहू के फसल खरीद केंद्र का शुभारम्भ किया

राजेंद्र गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि इन खरीद केंद्रों के खुलने से किसानों को फसलों के उचित दाम मिलेंगे और वे बिचौलियों से भी बचेंगे

जयराम ठाकर ने कहा कि विभाग की पहलों से राजस्व संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है उन्होंने कहा कि विभाग ने हाल ही में पारदर्शिता के लिए प्रदर्शन कार्ड का उपयोग कर मूल्यांकन की एक नई पहल शुरू की है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज कटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थाना कलां बंगाणा डोहगी ध्वंदला और लठयाणी में कोरोना संक्रमित परिवारों को फल व सब्जियां वितरित की उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित का पूरा परिवार होमआईसोलेशन में जाने के बाद बाहर नहीं निकलता ऐसे में उन्हें दैनिक उपयोग की वस्तुओं को लाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है

सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इसके अलावा उनके परिजनों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की सुचना है सरवीण चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरवीण चौधरी और उनके परिवारजनों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है बस हड़ताल हिमाचल में कोरोना महामारी के बीच निजी बस आपरेटरों की हड़ताल के चलते आज शिमला सहित कई जिलों में परिवहन सेवाएं प्रभावित रही हड़ताल को देखते हुए राज्य पथ परिवहन निगम ने विभिन्न डिप्ओं में अतिरिक्त बसें चलाई जिससे यात्रियों को काफी हद तक राहत मिली परिवहन निगम के अधिकारी ने बताया कि शिमला के सभी रूटों पर पर्याप्त बसें लगाई गई हैं लेकिन कोरोना वायरस के चलते बहुत कम लोग घरों से निकले निजी बस ऑपरेटर वर्किंग कैपिटल और टोकन टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा कि सरकार को अपनी मांगों को लेकर कई बार अवगत करवाया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी धुमल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जताई है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और यह बेहद घातक साबित हुआ है धूमल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार इस संक्रमण को रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं जिसमें लोगों की सहभागिता भी जरूरी है उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आहवान भी किया ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिल सकें प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज वृद्धि लगातार जारी है